ईवीएम फोटो मध्यप्रदेश सहित आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और डाक मतपत्रों पर उम्मीदवारों के फोटो होंगे निर्वाचन आयोग के अनुसार इससे किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक जैसे नामों वाले उम्मीदवारों को लेकर किसी भी गलतफहमी को दूर करने में मदद मिलेगी आयोग ने उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि वे मतदान अधिकारियों को अपने हाल के स्टैंप आकार के फोटो उपलब्ध करायें चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव में राजनैतिक दलों द्वारा जारी किये जाने वाले घोषणा पत्र की तीन प्रतियां निर्वाचन कार्यालय में तीन दिन के भीतर जमा करना होगी यह जानकारी आज मुख्य चुनाव पदाधिकारी बीएल कांताराव ने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए दी उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल में स्टार प्रचारकों की संख्या चालीस और राज्य स्तरीय दल के स्टार प्रचारकों की संख्या बीस से अधिक नहीं होगी श्री कांताराव ने कहा कि चुनाव के दौरान नगद राशि शराब संदिग्ध सामग्री की जांच और निगरानी के लिये फलाइंग स्कॉट और वीडियो सर्वलेंस टीम का गठन किया गया है श्री कांताराव ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिये सोशल मीडिया कैलेण्डर भी जारी किया इसमें सात प्रकार की थीम के द्वारा मतदाताओं को मतदान करने के लिये प्रेरित किया जायेगा उन्होंने आचार संहिता लगने के बाद पिछले दो दिन की कार्यवाही के बारे में भी विवरण दिया

आचार संहिता आदर्श आचार संहिता लगने के बाद प्रदेश में कई स्थानों पर कार्यवाही की जा रही है रायसेन जिले में जांच दस्ते ने एक कार से करीब साढ़े नौ लाख रूपये बरामद किये हैं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर सभी स्थानों पर निगरानी टीमें लगातार जांच कर रही हैं उधर मुरैना में पुलिस ने आज सुबह कार से अवैध देशी शराब की पेंसठ पेटियां बरामद की हैं कार को जब्त कर लिया गया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि शराब की कीमत करीब डेढ़ लाख रूपये बताई जा रही है उधर सीहोर में आज से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है कलेक्टर ने कल रात जारी किये आदेश में शस्त्र लायसेंस के निलंबित होने की जानकारी भी दी गई है

भाजपा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल ग्वालियर शिवपुरी और गुना के दौरे पर रहेंगे वे शिवपुरी में ग्वालियर और चंबल संभाग के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे इसके बाद वे गुना पहुंचकर रोड शो करेंगे बाद में वे ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पुष्पांजली अर्पित करेंगे

जैविक कृषि सम्मेलन केन्द्रीय कृषि कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि दुनिया के बाजारों में भारतीय जैविक उत्पादों की बड़ी मांग है श्री सिंह ने आज मथुरा के पंडित दीनदयाल धाम में आयोजित जैविक कृषि सम्मेलन में यह बात कही यह सम्मेलन राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र ने आयोजित किया है

वायु सेना दिवस पर विभिन्न वायु सेना स्टेशनों पर विशेष आयोजन किये गये जबकि मुख्य समारोह राजधानी दिल्ली के निकट हिंडन वायू सैनिक अड्डे पर किया गया पाकिस्तान के साथ पहले युद्ध में जीत दिलाने वाले डकोटा विमानों से लेकर अत्याधुनिक तेजस सहित वायु सेना के लगभग सभी प्रमुख विमानों ने इस मौके पर अपने करतब दिखाते हुए आकाश में गर्जना कर अपनी ताकत का परिचय दिया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वायु सेना कर्मियों और उनके परिवारों को वायू सेना दिवस पर बधाई देते हुए कहा है कि देश को उन पर गर्व है वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ ने इस मौके पर भव्य परेड की सलामी ली इस मौके पर एयर चीफ मार्शल धनोआ ने कहा कि पिछले आठ दशकों में वायु सेना ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी हासिल की है और वह देश की हवाई सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है वायु सेना राष्ट्रीय आपदाओं के समय भी आगे बढकर योगदान दे रही है परेड के बाद वायु सेना के हेलिकॉप्टरों से लेकर मालवाहक विमानों और लड़ाकू विमानों ने अपने कौशल का परिचय देते हुए अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया मतदाता सुची प्रदेश में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अर्जुन कमार सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने निर्वाचन आयोग की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया

चुनाव आयोग ने न्यायालय को बताया कि पहली मतदाता सूची का मसौदा इस साल जनवरी में तैयार हो गया था जबकि मई में उसमें संशोधन किया गया पितमोक्ष प्रदेश में आज पितृमोक्ष अमावस्या पर श्रद्वालु पवित्र नदियों में स्नान कर अपने पितरों का तर्पण किया उज्जैन की क्षिप्रा और होशंगाबाद की नर्मदा नदी के तटों और घाटों पर श्रद्वालु नर्मदा में स्नान कर अपने पितरों का श्राद्व किया

प्रदेश की नदियों में श्रद्वालुओं के पहुंचने को देखते हुए प्रशासन पुलिस और नगरपालिका ने नदी के घाटों पर समुचित व्यवस्थाएं की थी कुछ स्थानों पर अमावस्या कल भी मनाई जायेगी दुर्घटना टीकमगढ़ जिले में आज सुबह एक ट्रक के झोंपड़ी पर पलटने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई

ये निष्कासन एक साल की अवधि तक के लिये रहेगा